भारतीय वायुसेना ने आज तड़के पाकिस्तान में खैबर पखतुन्ख्वा के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी शिविर पर हमला किया विदेश सचिव विजय गोखले ने आज दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि विश्वस्त सूत्रा से जानकारी मिली थी कि जैश ए मोहम्मद भारत में और आत्मघाती आतंकी हमलों की कोशिश कर रहा था और इसके लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा था उन्होंने कहा कि इस कारण यह हमला करना जरूरी था

जैश ए मोहम्मद के बड़ी संख्या में आतंकवादी प्रशिक्ष् वरिष्ठ कमांडर और जिहादियों का समूह जो फिदायिन हमलों की तैयारी कर रहे थे इस ऑपरेशन में मारे गए हैं जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर का करीबी रिश्तेदार मौलाना युसूफ अजहर उर्फ उस्ताद गौरी बालाकोट में इस प्रशिक्षण केंद्र का नेतृत्व कर रहा था श्री गोखले ने बताया कि जैश ए मोहम्मद ने भारत में कई आतंकी हमले किए हैं उन्होंने बताया कि इन प्रशिक्षण शिविरों की स्थिति के बारे में पाकिस्तान को जानकारी दी गई थी लेकिन उसने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की विदेश सचिव ने कहा कि भारत आतंकवाद से निपटने के लिए सभी उपाय करने के लिए द्रढ़ संकल्प है

इसलिए जैश ए मोहम्मद के शिविर को लक्ष्य बनाते हुए ऐतिहाती असैनिक कार्यवाही की गई इस ठिकाने का चयन ये ध्यान में रखकर किया गया कि आम नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे श्री गोखले ने कहा कि भारत आशा करता है कि पाकिस्तान अपने यहां जैश ए मोहम्मद द्वारा संचालित और अन्य आतंकी शिविर खत्म करेगा विभिन्न राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर भारत के हमले का स्वागत किया है भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की परिचायक है पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा है कि यह कार्रवाई नये भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प को रेखांकित करती है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अहमदाबाद में कहा कि देश की सुरक्षा के लिए इस तरह की कार्रवाई की बहुत जरूरत थी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायुसेना के पायलटों की सराहना की है उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पार्टी वायुसेना की भूमिका के लिए उसे सलाम करती है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने भी इस हमले का स्वागत किया है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है उन्होंने कहा कि नामुमकिन को मुमकिन करने का नाम ही मोदी है श्री योगी ने कहा कि उन्होंने हमारे चालीस मारे हमने पाकिस्तान के चार सौ उग्रवादी मार गिराये उन्होंने कहा कि भारत माता के इन सपूतों को जिन्होंने देश की सेवा में अपनी जान न्यौछावर कर दी उनके लिये आज कृतज्ञता का दिन है प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी शिविरों पर हमला करने के भारतीय वायुसेना के अभियान की पराक्रम और शौर्य की प्रशंसा की है जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं हमारा गौरव और अभिमान है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरीश चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि सेना की इस कार्रवाई से देश का मस्तक ऊँचा हुआ है

देश आज गर्व से पूरी दुनिया में मस्तक ऊँचा हो गया है और उन्होंने जो कहा था कि भारत माता से जो वादा किया था कि हम भारत का सिर झुकने नहीं देंगे उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया है मुझे लगता है कि पाकिस्तान अब अपनी हरकत से बाज आयेगा और आतंकवाद के इस फैक्ट्री को स्माप्त करेगा वायुसेना के हमले की खबर फैलते ही प्रदेश में खुशी का माहौल बन गया और लोगों ने जगह जगह आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा संयुक्त रूप से हरदोई के गौरा टांडा में आज राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया दो सौ छह करोड़ रूपये की लागत वाले तीन सौ अड़तालीस बिस्तरों के मेडिकल कॉलेज में बाईस सुपर स्पेशिलिटी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लोगों को मिलेगा इस अवसर पर तीन सौ बाईस करोड़ रूपये की एक सौ अट्ठाईस परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में चालीस प्रतिशत आबादी को इसका लाभ मिलेगा इस समय तेरह करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं और सोलह सौ करोड़ रूपये लोगों के इलाज पर खर्च किये जा चूके हैं प्रदेश को पूरे देश में सबसे ज्यादा सौभाग्य योजना के कनेक्शन बांटे जाने के लिये पुरस्कार दिया गया है

सौभाग्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में सबसे ज्यादा पचहत्तर लाख इक्यासी हजार कनेक्शन बांटे और दो सालों में कुल अट्ठानवे लाख कनेक्शन सरकार की ओर से बांटे गये हैं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

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार ने आध्निक तकनीक के साथ पिछले तेईस महीनों में उच्च गुणवत्ता की सड़कों का निर्माण किया है और जल्द ही सभी गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जायेगा उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पहली बार मार्गो पर संकेतक लगाने के लिये लगभग एक सौ पच्चीस करोड़ रूपये दिये गये हैं आज राजधानी लखनऊ में अपने विभाग की उपलब्धियां की चर्चा करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि राज्य में प्रमुख जिला मार्गो पर बने गढ़ढों को चौबीस से अड़तालीस घंटों क भीतर मरम्मत किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं और तकनीक के सहारे इस काम की लगातार मानोटरिंग की जायेगी

उन्होंने बताया कि तकनीक के इस्तेमाल से पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये विभाग लगातार प्रयास कर रहा है और देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनके विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यो की निगरानी ऑन लाइन की जा रही है उन्होंने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से सरकार ने पिछले दो वर्षो में करोड़ों रूपये की बचत की है जिससे कार्बन उर्त्सजन में बारह लाख टन की कमी आयेगी इसका मतलब यह है कि इतना प्रदूषण कम होगा जितना दो लाख उन्सठ हजार करोड़ कारो से एक वर्ष के भीतर होता है और तीन करोड़ से अधिक पेड़ दस वर्षो में जितना कार्बन उर्त्सजन खत्म करेंगे उतना तकनीक के प्रयोग से बचाया गया है उन्होंने कहा कि नई तकनीक के व्यापक इस्तेमाल के लिये आईआईटी जैसे संस्थानों के साथ मिलकर अनुसंधान और प्रशिक्षण के कार्यक्रम श्रू किये गये हैं उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को आपसी सहमति से निपटाने का एक और प्रयास किया जाना चाहिए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह इस मामले को न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के जरिये निपटाने के बारे में आदेश अगले महीने की पांच तारीख को सूनायेगी पीठ ने कहा कि इस विवाद को आपसी सहमति से निपटाने की हरसंभव कोशिश की जानी चाहिए न्यायालय ने कहा कि वह मुख्य मामले की सुनवाई आठ सप्ताह बाद करेगी

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि अयोध्या में विवादित पौने तीन एकड़ भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड निरमोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर बराबर बांट दिया जाये